राज्य सभा ने कल रात इस विधेयक को मंजूरी दी

सदन ने विधेयक को मंजूरी देते समय विपक्षी दलों के संशोधनों को खारिज कर दिया

ये समुदाय हैं हिन्दू सिख बुद्ध जैन पारसी और ईसाई राज्य सभा में विधेयक पर चर्चा के जवाब में गृहमंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि यह मुसलमानों के खिलाफ नहीं है उन्होंने कहा कि मुसलमानों को देश के नागरिक के रूप में सभी अधिकार मिलते रहेंगे श्री शाह ने कहा कि यह कानून उन लोगों के जीवन में नई रोशनी लाएगा जिनपर पाकिस्तान अफगानिस्तान और बंग्लादेश में अत्याचार हो रहा है

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कल भोपाल में हई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी एक अन्य प्रस्ताव के अंतर्गत शहरी विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिगृहीत की गई जमीन किसानों को वापस लौटाई जायेगी मंत्रिमंडल ने उद्योगों को रियायती दर पर जमीन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है

आईआईएम इन्दौर प्रबंधन अध्ययन संस्थानों के लिए विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त संगठन ईएफएमडी ने इंदौर के भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम को गुणवत्ता सुधार प्रणाली एक्विस के लिए मान्यता प्रदान कर दी है इसके पहले आईआईएम इंदौर को अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के संगठन ब्रिटेन के एमबीए एसोसिएशन और अमेरिका के उन्नत प्रबंधन संस्थान एसोसिएशन से भी मान्यता भिल चुकी है यूरोपीय संघ के ईएफएमडी की एक्विस मान्यता के साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर के तीन प्रबंधन संस्थान संगठनों की मान्यता हासिल करने वाला इंदौर आईआईएम देश का दूसरा भारतीय प्रबंधन संस्थान बन गया है

इंदौर के प्रबंधन संस्थान का चयन सामाजिक जागरुकता और ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए पाठ्यक्रमों के आधार पर किया गया है

भूजल स्तर भी नहीं गिर रहा है आगामी वर्ष में पानी की किल्लत की आशंका नही है जल संकट से जुड़ी एक जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने ये जवाब दिया है राज्य सरकार ने न्यायालय को बताया कि प्रदेश के बांधों में पर्याप्त मात्रा में पानी है भूजल स्तर भी पहले से सुधर गया है

इसके अनुसार ही भूजल स्तर सुधारने के लिए कार्य किए जाते हैं इस मामले में अगली सुनवाई जनवरी के पहले सप्ताह में तय की गई है न्यायालय ने इस मामले में केंद्रीय जल नियंत्रण प्राधिकरण और केंद्रीय जल नियंत्रण बोर्ड को भी नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं

जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में गृहमंत्री मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक के अलावा भोपाल इन्दौर ग्वालियर और जबलपुर के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में मुख्यमंत्री ने माफिया राज की कमर तोड़ने की दिशा में कदम उठाये हैं और इन कदमों से जनता को राहत भिली है इस सिलसिले में उन्होंने मिलावट के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान और रेत खनन माफिया के खिलाफ मुहिम का उल्लेख किया श्री शर्मा ने कहा कि इस बैठक में माफिया राज को जड़ से उखाड़ने की रणनीति बनाई जायेगी ओशो महोत्सव जबलपुर में कल से तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ओशो महोत्सव शुरू हुआ आध्यात्मिक संत आचार्य रजनीश ओशो के जन्मदिवस पर देश विदेश से आए वेक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे प्रदेश शासन के आध्यात्मिक विभाग द्वारा आयोजित महोत्सव का शुभारंभ महापौर डॉ स्वाति सदानन्द गोडबोले कांग्रेस नेता मुकेश नायक संभागायुक्त रविन्द्र कुमार मिश्रा की मौजूदगी में हुआ

अतिथिगणों ने ओशो के द्वारा जीवन दर्शन पर की गई व्याख्या पर विचार रखे तीन दिवसीय महोत्सव में देश विदेश से उनके अनुयायी आए हुए हैं मुगनयनी राज्य सरकार ने नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ फेशन टेक्नालॉजी के डिजाइन के विद्यार्थियों को मृगनयनी एम्पोरियम से जोड़ने का निर्णय लिया है विद्यार्थियों द्वारा बुनकरों के लिए विकसित डिजाइन उपभोक्ता द्वारा पसंद किये जाने पर विद्यार्थियों को रायल्टी दी जायेगी

मुख्यमंत्री कमलनाथ बड़ी झील पर इस पांच दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित बीस ओवर में तीन विकेट पर दो सौ चालीस रन बनाए

उन्होंने सात छक्के जड़े

उन्होंने दीपदान कर चुनरी चढ़ाई